बार बार हाथ धोना मास्क और दो गज की दूरी अभी भी है जरूरी कोरोना उचित व्यवहार का पालन करे यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है आर्थिक मामलों बारे केन्द्रीय मंत्रिमंडलीय समिति ने गन्ना उत्पादक किसानों के लिए साढ़े तीन हजार करोड़ रूपये की सहायता राशि को मंजूरी दी है जिसका भारतीय जनता पार्टभ के नेताओ और किसानों ने स्वागत किया नई दिल्ली में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत मे सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अन्दान की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजकर उनकी मदद उनकी करने का निर्णय लिया है इससे पांच करोड़ किसाने और पांच लाख कामगारों को फायदा होगा पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धमेंद्र प्रधान ने केन्द्रीय मंत्रिमंडल दवारा किये गये इस फैसले का स्वागत किया है उन्होंने कहा कि इससे लंबे समय से किसानों को पेश आ रही समस्याओं का समाधान होगा मंत्री ने कहा कि इस निर्णय से गन्ने की पैदावार व एथेनाल उत्पादन को बढ़ावा देने और रोज़गार सुजन में मदद मिलेगी जिससे किसानों की आय में वृदधि होगी केन्द्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने रक्षा मामलों बारे संसदीय समिति की बैठक के दौरान कांग्रेस नेता राहल गांधी के बाहर चले जाने को संसदीय प्रणाली और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान बताया है श्री जावड़ेकर की यह प्रतिक्रिया श्री राहल गांधी दवारा आवश्यक मुददों पर चर्चा न होने का दोष लगाते हये संसदीय समिति की बैठक से उठकर जाने के बाद आई है

उन्होंने कहा कि जब यूपीए के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार सत्ता में थी तब श्री राहल गांधी ने मंत्रिमंडल के एक फैसले की प्रति के ट्टकड़े ट्कड़े कर कुइदान में फैंक दिये थे उन्होंने कहा कि इन घटनाओं से साफ पता चलता है कि वे संवैधानिक प्रक्रियाओं का कितना सम्मान करते है भारत में विकसित कोरोना की स्वदेशी कोवैक्सीन ने पहले चरण के क्लीनिकल परीक्षणों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में सफल रही है वैक्सीन निर्माताओं ने पहले चरण के परीक्षणों के बाद इसकी प्रतिरोधक क्षमता बारे विस्तृत रिपोर्ट जारी की है हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक और भारतीय आयर्विज्ञान अन्संधान परिषद दवारा तैयार की गई कौवैक्सीन के पहले चरण के क्लीनिकल परीक्षणों के नतीजों के अन्सार लोगों पर इसका कोई प्रतिक्ल असर दिखाई नहीं दिया भारतीय आय्र्विज्ञान अन्संधान परिषद ने बताया कि वैक्सीन को दो और आठ डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखा जा सकता है जो राष्ट्रीय योजना के अन्कूल है कोवैक्सीन उन तीन वैक्सीन में से एक है जिनके आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी देने पर भारत के दवा महानियंत्रक दवारा विचार किया जा रहा है

हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दृष्यंत चौटाला ने कहा है कि हरियाणा के कुरूक्षेत्र जिले में ऊपरगामी रेल पाटी बनाई जायेगी

उप मुख्यमंत्री जिनकें पास लोक निमार्ण विभाग का प्रभार भी है ने कहा कि केन्द्रीय रेल मंत्रालय ने इस परियोजना को स्वीकृति दी है

उन्होंने कहा कि यह परियोजना हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम दवारा तैयार की गई है उप म्ख्यमंत्री ने कहा कि इस ऊपरगामी रेल पटरी के निर्माण से क्रूक्षेत्र नरवाना रेल पटरी पर पांच मानवीय फाटक समाप्त् हो जायेंगे जिसे शहर में भीड़ कम होगी उन्होंने कहा कि इससे जिले और आसपास के लाखों लोगों को लाभ होगा हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद ग्प्ता ने कहा है कि यमुनानगर मुख्यमार्ग और राष्ट्रीय फेशन प्रौदयगिकी संसथान का काम उनकी सरकार के कार्याकाल में हआ है और इस बारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा दवारा दिया गया बयान गलत है काबिले गौर है कि कुमारी शैलजा ने कहा था कि ये परियोजनाओं उनके कार्यलय में लाई गई थी पंचकूला में एक पत्रकारवार्ता को सम्बोधित करते हये श्री गुप्ता ने कहा कि किसान भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है ऐसे धारणा बताई जा रही है उन्होंने कहा कि सरकार बातचीत के जरिये किसानों की समस्याओं का समाधान करेगी

पकड़े गये आरोपी की पहचान हिसार निवासी सोनू और श्राणी जल्लोपूर निवासी संजय के तौर पर हई है

आज फरीदाबाद में दो कोविड मरीजों की मृत्य् भी हई है

विश्वविदयालय के परीक्षा नियंत्रक डॉ राजीव सिंह ने बताया कि इस संबंध में परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है सभी पाठ्यक्रमों में पहले सेमेस्टर तथा बीटेक एवं एमसीए के तीसरे सेमेस्टर को छोडकऱ विषम सेमेस्टर की सभी परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी शेष सभी पाठयक्रमों के प्रथम सेमेस्टर तथा बीटेक एवं एमसीए के तीसरे सेमेस्टर का परीक्षा कार्यक्रम बाद में जारी किया जायेगा उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन परीक्षा प्रक्रिया से विद्यार्थियों को परिचित करवाने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए जा रहे हैं इन परीक्षाओं के लिए विदयार्थियों को अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ वेब कैमरा सक्षम कम्प्यूटर या लैपटॉप या टैबलेट या मोबाइल फोन की आवश्यकता होगी जिन विदयार्थियों के पास ऐसी सुविधा नहीं है उनके पास विश्वविदयालय या संबंधित संस्थान में जाकर परीक्षा देने का विकल्प होगा